अब तक इस संक्रमण से तीस लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में अड़सठ हजार पांच सौ चौरासी मरीजों को अस्पतालों से छटटी दी गई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या चार गना से अधिक हो गई है जांच पहचान और उपचार की सरकार की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यू दर कम हई है इस समय देश में कोविड मृत्यू दर भी एक दशमलव सात पांच प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में तिरासी हजार आठ सौ तिरासी नये रोगी सामने आये अब तक देश में क्ल संक्रमित लोगों की संख्या अड़तीस लाख तिरपन हजार चार सौ सात तक पहंच चुकी है इस समय देश में आठ लाख पन्द्रह हजार पांच सौ अड्तीस मरीजों का उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घटों में एक हजार तैंतालिस लोगों की कोविड से मृत्यु हुई अब तक इस संक्रमण से सड़सठ हजार तीन सौ छिहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है देश में पिछले चौबीस घंटे में ग्यारह लाख बहत्तर हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई पिछले पांच महीनों में कोविड जांच में काफी वृद्धि हुई है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोरोग विशेषज्ञ डॉ नंद क्मार ने लोगों को घर पर रहने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योग का अम्यास करने का सुझाव दिया

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को स्वीकृति दी कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक चिंतनशील नवाचारी पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कर्मयोगी मिशन मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी

आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल सेवाएं बहाल किए जाने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं मेट्रो रेल का परिचालन सोमवार से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा बारह सितम्बर तक सभी मार्गो पर मेट्रो सेवाएं चालू कर दी जाएगी शुरू में मेट्रो सेवाएं कुछ अंतराल पर चलाई जाएगी जिन्हें धीरें धीरे बढ़ाते हुए बारह सितम्बर तक पूर्ण स्तर तक पहंचा दिया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में मेट्रो सेवाए दो शिफ्टों में उपलब्ध रहेंगी कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में स्थित मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों और मेट्रो कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा केवल ऐसे व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी जिनमें कोविड का कोई लक्षण नही होगा स्मार्ट कार्ड और कैरालैस या डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित किया जाएगा यात्रियों को कम से कम सामान लेकर चलने और घातू के सामान साथ न रखने की सलाह दी जाएगी ताकि स्टेशनों पर जांच में समय कम लगे और असुक्वा न हो इन दिशा निर्देशों के आवार पर दिर्ल्ली नोएडा चेन्नई कोच्चि बेंगलुरू मुंबई लाइन एक जयपुर हैदराबाद महा मेट्रो नागपुर कोलकाता गुजरात और यूपी मेट्रो लखनऊ ने अपनी अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार कर ती हैं

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि संस्कृत ने ही भारतीय संस्कृति को प्रवाहमान बनाया है हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है जिसमें संस्कृत की धारा अविच्छिन्न बहती आ रही है मानव के आंतरिक जीवन को और अधिक शाश्वत बना सकने का ज्ञान संस्कृत में ही समाहित है विधानसभा अध्यक्ष आज ब्रहमलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवेद्यनाथ के पृण्यतिथि समारोह के तहत संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषय पर गोरखप्र में आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रकृति के कोप से बचने का तरीका उसे समझने का नया दृष्टिकोण समुचे विश्व को परिवार मानने की संस्कृति हमें संस्कृत वांगमय से ही मिली है संगोष्ठी को संबोषित करते हुए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो सदानंद गुप्त ने कहा कि भारतीय संस्कृति की महान परंपरा को व्यक्त करने वाली भाषा संस्कृत ही है लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया है कि चौदह सितंबर से पहली अक्तूबर तक आयोजित इस सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे कोविड महामारी को देखते हए सदनों की बैठक दो पाली में सुबह नौ बजे से दिन में एक बजे तक और फिर दोपहर बाद तीन बजे से शाम सात बजे तक होगी